हरियाणा की सभी गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जायेंगे

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गण्तंत्री दिवस पर किसान प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दर्भाग्यपूर्ण बताया है आज बज सत्र के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते ह्ये उन्होंने कहा कि देश का संविधान जो लोंगों को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है वहीं संविधान प्रत्येक व्यक्ति दवारा गंभीरता से कानून एवं नियमों की पालना की शिक्षा भी देता है उन्होंने कहा कि संसद दवारा पारित किये गये तीनों कृषि कानूनों का उददेश्य किसानों की मदद करना है क्योकिं यह किसानों को और अधिकार व शक्तियां देते है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि बारे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाये है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ ग्ण वृदधि की गई है

सरकार दवारा य्वाओं के कल्याण के लिए उठाये गये कदमों का जिक्र करते हये राष्ट्रपति ने कहा कि केन्द्र के निर्णय से ग्रप सी और ग्रप डी के पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार खत्म करने से देश के युवाओं को काफी फायदा हआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने य्वाओं को सरकारी सेवाओं में निय्क्ति के लिए विभिन्न परीक्षायें देने के झंझ से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबदध है गलवान घा ी घ नाक्रम का जिक्र करते हये उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेख पर अतिरिक्त सैनिक बल तैनात किये गये है

राष्ट्रपति ने कहा कि आयषमान भारत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के तहत देश के डेढ़ करोड़ गरीब व्यक्तियों को पांच लाख रूपये तक म्फ्त इलाज मिला है

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाष्ण का बाहिष्कार करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की है संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने विपक्ष के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रम्ख है और वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान करना लोकतंत्र की परम्परा है

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दवारा पेश किया गये आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि निर्यात ओर सरकारी उपभोग से विकास में मदद मिलेगी

आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोपल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के प री पर लौ ने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है इसमें कहा गया कि देश में श्रू किया गया पीकाकरण का महाअभियान अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा आर्थिक सर्वेक्ष्ण में इस बात का भी जिक्रं किया गया है कि कठिन समय में भी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

इसके श्रुआती दौर में करीब दो लाख स्वास्थ्य कर्मियों का पीकाकरण किया जाना है

दक्षिण कश्मीर के क्लगाम क्षेत्र में बीते बुधावार को आतंकियों के हमले का शिकार हये गांव जुड़डी निवासी जावाज़ सैनका शहीद दीपक कुमार का अंतिम संस्कार आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया हरियाणा के सहकारिता अन्सूचित जाति एवं पिछड़ा कल्यण कल्याण मंत्री डा बनवारी लाल भारतीय जनता पार्धी के जिलाध्यक्ष हकम चंद यादव पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव व जगदीश यादव उपल जिला प्रमुख जगफूल और जिला प्रशासन की ओर से बावल के एस डी एम मनोज क्मार सहित इलाके की अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद दीपक कुमार के पार्थिव शरीर पर पृष्पाजंलि अर्पित की